प्रदेश में वर्षा बर्फबारी का दौर थमा शीतलहर जारी प्रधानमंत्री ग्जरात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधी नगर से राष्ट्रव्यापी श्रमयोगी मानधन योजना का श्भारंभ किया इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया

ये योजना स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने में मील पत्थर साबित होगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सोलन औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने ऊना वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में और उपायुक्त हरिकेश मीणा ने चंबा में इस योजना का शुभारंभ किया शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कल से आरंभ होने जा रही वार्षिक परीक्षाओं के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं

इसके अलावा नकल रोकने के लिए तीन स्तरीय फलाईग सिस्टम भी सक्रिय रहेगा

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में सरकार प्रयासरत है इस दिशा में कई नई योजनाएं आंरभ की गई हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रमुख है महेन्द्र सिंह डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे कड़ा परिश्रम कर अच्छा रास्ता चुनें और भविष्य को उज्जवल बनाएं उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार पर स्वच्छ पेयजल और किसानों के खेतों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही हैं परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रंझू में निर्मित होने वाली पेयजल वितरण योजना के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज माधव राय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और फिर देवी देवताओं की शोभा यात्रा में भाग लिया ये पहला मौका है जब मंडी के शिवरात्रि मेले को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में मनाया जा रहा है

मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह है

हिमस्खलन किन्नौर ज़िला में चीन सीमा के पास नमग्या डोगरी नाला में हिमस्खलन में शहीद हुए सेना के जवान गोविंद बहाद्र छेत्री का पार्थिव शरीर आज हैलीकॉप्टर द्वारा किन्नौर से चंडी मंदिर चंडीगढ़ ले जाया गया जहां से इसे हवाई मार्ग से जवान के पश्चिम बंगाल स्थित पैतृक गांव ले जाया गया है उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि गोविंद छेत्री का शव कल खोज अभियान के दौरान मिला था

सरवीण चौधरी आज मझग्रां में बनने वाली अलग अलग पेयजल योजनाओं के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं

इससे पूर्व उन्होंने शाहपुर पंचायत के तहत सिहोलपुरी में छिंज मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की किशन कपूर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

किशन कपूर ने कहा कि कचहरी और सिद्धपुर में पैदल चलने योग्य पुलों के बन जाने से लोगों को हो रही सुविधा मिलेगी इन दोनों ही स्थानों पर सड़क के काफी व्यस्त रहने के कारण अक्सर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है मौसम प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा व बर्फबारी का दौर आज हालांकि थम गया लेकिन इसके बावजूद पूरा प्रदेश अमी भी कड़ाके की शीतलहर की चपेट में है आज राज्य के निचले इलाकों में दिनभर धूप खिली रही जबकि राजधानी शिमला सहित अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बादल छाए रहे और शिमला में कुछ देर के लिए वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई उधर जनजातीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद अब हिमखंडों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है हालांकि फिलहाल इससे कोई जानी नुकसान का समाचार नहीं है लाहौल घाटी में बर्फबारी के चलते बीएसएनएल की संचार व्यवस्था ठप्प पड़ी है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है उड़ान रदद रोहतांग दर्रे पर आज भी मौसम के खराब रहने के कारण लाहौल घाटी के लिए हैलीकॉप्टर की प्रस्तावित उड़ानें नहीं हो पाईं

इनमें मरीज़ इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं इस बीच आज भी हैलीकॉप्टर उड़ानें न होने पर लाहौल स्पिति ज़िला कांग्रेस कमेटी ने कड़ी नाराज़गी जताई है ज़िला कांग्रेस कमेटी ने उड़ानें न होने के विरोध में आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक रवि ठाकुर के नेतृत्व में धरना भी दिया उन्होंने उड़ानों के मामले में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया लाहौल घाटी के लिए आज बाहंग से प्रस्तावित सेना के हैलीकॉप्टर की उड़ानें भी खराब मौसम के कारण नहीं हो पाईं